मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार की साफ नीति है कि बग़ैर भेदभाव प्रत्येक पीड़ित और ज़रूरतमंद को सहायता पहुंचाई जाये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 इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भारी पैमाने पर रबी और आम की फ़सलों का नुकसान हुआ है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 श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आठ लाख पैतालीस हजार हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है और दस लाख किसान प्रभावित हुए हैं

राज्य मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं कय नीति निर्धारित कर दी है भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार नौ सौ पच्चीस रूपये प्रति क्विंटल की दर पर रखा गया है इसके अलावा राज्य सरकार के जरिय पचपन लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है नीति के अनुसार दस कय संस्थाओं द्वारा गेहूं खरीदा जायेगा इसके लिए विभिन्न जिलों में पांच हजार खरीद केन्द्र बनाये जायेंगे गेहूं खरीद पहली अप्रैल दो हजार बीस से पन्द्रह जून दो हजार बीस तक की जायेगी सभी खरीद एजेंसियां गेहूं कय का भुगतान किसानों के बैंक खाते में बहत्तर घंटे के अन्दर करेंगी इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य सड़क परिवहन निगम के तेइस बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है इसके तहत गाजियाबाद आगरा लखनऊ प्रयागराज बुलन्दशहर मथुरा कानपुर नगर वाराणसी मिर्जापुर मेरठ बरेली रायबरेली हापुड़ अलीगढ़ अयोध्या और गोरखपुर में बस स्टेशनों को विकसित किया जायेगा मंत्रिपरिषद ने रायबरेली के कार्तिक पूर्णिमा मथुरा के लठमार होली सीतापुर के चौरासी कोसी परिक्रमा मेले के प्रांतीयकरण का फैसला भी लिया है मंत्रिपरिषद ने जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें औद्योगिक निवेश नीति के तहत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष सुविधाएं और रियायतें देने राज्य संपत्ति विभाग समूह ख और समूह ग सेवा नियमावली का प्रख्यापन तथा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम कय नीति शामिल हैं

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश राजस्थान और आंधप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन से संबंधित है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

इसी के साथ प्रदेश की राजधानी में कोरोना वायरस से संकमित लोगों की संख्या दो हो गयी है यह यूवा कनाडा से भारत आई महिला डॉक्टर का रिश्तेदार है जिन्हें ग्यारह मार्च को कोराना के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया था केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि यह युवक उन्हीं के सम्पर्क में आने की वजह से संकमित हुआ है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 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सूरक्षित रहने के लिए सभी ब्रुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें लोगों को बड़ी सभाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है खांसी बुखार से पीडित व्यक्तियों को अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचने को कहा गया है लोगों को बिना हाथ धोये आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने का परामर्श दिया गया है साबुन पानी से बार बार हाथ धोने या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ साफ करने को कहा गया है खांसते और छींकते समय रूमाल अथवा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए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

जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न तरह के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक लगभग पांच हजार नौ सौ लोगों के साढ़े छह हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की है जिसमें से तिरासी मामलों में वायरस के संक्रमण का पता चला है

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भी नमूनों की जांच कर सकती है सरकार ने अगले एक सौ दिन तक फेसमास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत यह फैसला किया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता और कोमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है

इससे राज्या को इनके उत्पादन वितरण और कोमतों पर नियमन तथा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी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

जनगणना नागरिकों से संबंधित विविध प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों का एक मात्र सबसे बड़ा स्रोत्र है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

केन्द्रीय उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा है कि अयोध्या में संचालित आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाने के लिए सरकार एकमुश्त दस करोड़ रूपये देगी डॉक्टर पांडेय आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे